इधर भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण जयपुर में चल रहा है इस परीक्षण के प्रिंसिपल इनवेस्टीगेटर डॉ मनीष जैन ने बताया कि एक हजार लोगों पर परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविड टीके को लगाने के लिए तीस करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की है इनमें स्वास्थ्यकर्मी तथा पुलिस सेना और स्वच्छताकर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल है उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता टीके की सुरक्षा और असर को लेकर है तथा इस विषय पर पूरी सतर्कता बरती जाएगी डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें विश्वास है कि अगले वर्ष जनवरी के किसी सप्ताह में हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि देशवासियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा सके

इधर प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है कल दूसरे दिन भी संक्रमितों की संख्या एक हजार से नीचे रही

केन्द्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने को कहा है कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उनसे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का आग्रह किया है वहीं सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार कृषि के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेस परियोजना को उन्नत बनाकर कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी लाने का हरसंभव प्रयास कर रही है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई और कृषि उद्योग का विकास केन्द्र सरकार के इन प्रयासों में शीर्ष प्राथमिकता पर है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने के बावजूद तेज सर्दी का असर बरकरार है हालांकि माउंट आबू में पारा गिरकर जमाव बिन्दु से नीचे दो डिग्री सैल्सियस रिकॉर्ड किया गया